प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में लगातार आ रही है कमी पिछले ग्यारह दिन में सक्रिय मामले एक लाख से अधिक घटे

छब्बीस हजार सात सौ बारह लोग हुए स्वस्थ प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण से निपटने के लिये कर रही है हरसम्भव उपाय चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों में ब्लैक फगस नाम की बीमारी सामने आने पर इसके उपचार के लिये तैयारियां तेज कर दी गयी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस बीमारी से बचाव और उपचार के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना बनायी जाए उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की सलाहकार समिति से विचार विमर्श करके इस सम्बन्ध में कार्ययोजना मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत करें राज्य के अपर मुख्य सचिव सुचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है एक दिन पूर्व प्रदेश में लगभग एक हजार पन्द्रह मीट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण किया गया उन्होंने बताया कि सहारनपुर में नये ऑक्सीजन प्लांट अगले दो दिन में शुरू हो जायेंगे चीनी विभाग द्वारा पचहत्तर जिलों में प्लांट स्थापना की कार्रवाई तेजी से की जा रही है श्री सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं का संज्ञान लिया है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि अवैध शराब की ब्रिकी पूरी तरह समाप्त करने के लिये सख्त कार्रवाई की जाये और प्रवर्तन की कार्रवाई मिशनमोड पर हो श्री सहगल ने बताया कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में भूसा चारा के पर्याप्त प्रबंध रखे जायें पांच सौ से अधिक गौवश वाले गौ आश्रय स्थलों को गोबर गैस उत्पादन सहित ऊर्जा के नवीन केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किये जाये केन्द्र सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का मुकाबला करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई उपाए किए हैं कोविड से ठीक होने के बाद कई लोगों में म्यूकोरणइकोसिस बीमारी के लक्षण दिखते है इस बीमारी से निपटने के लिए एम्फोटेरिसिन बी की मांग भी हाल ही में काफी बढ़ी है केंद्र सरकार ने इस दवा के उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाने को कहा है इस दवा के अतिरिक्त आयात और देश में इसके उत्पादन में वृद्वि से इसकी आपूर्ति में सुधार आने की संभावना है विदेशों से प्राप्त होने वाली इस दवा का केंद्रीय औषध विभाग ने राज्यों को आवंटन किया है राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी और निजी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों के बीच इस दवा का समुचित बंटवारा करें प्रदेश में कोरोना संक्रमण का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है वहीं प्रतिदिन स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित होने वाले लोगों से अधिक बनी हुयी है पिछले चौबीस घंटों में राज्य में कोविड नाइन्टीन के अट्ठारह हजार एक सौ पच्चीस नये मामले सामने आये हैं जबकि इस दौरान छब्बीस हजार सात सौ बारह लोग संक्रमणमुक्त हुये हैं राज्य में इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो लाख छः हजार छः सौ पन्द्रह है जो संक्रमण के सर्वाधिक आकड़े तीन लाख दस हजार से एक लाख चार हजार कम है कोविड महामारी के प्रारम्भ से अब तक प्रदेश में कुल तेरह लाख चालीस हजार दो सौ इक्यावन लोग ठीक हो चुके हैं अपर मूख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर पचासी दशमलव सात प्रतिशत है उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड नमूनों की जांच तेजी से जारी है कल प्रदेश में कुल दो लाख पैंतालीस हजार नौ सौ छियासी नमूनों की जांच की गयी अब तक कल चार करोड़ छत्तीस लाख इक्यावन हजार चार सौ सत्तासी नमूनों की जांच की गयी है प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य निरन्तर चल रहा है प्रदेश के सभी जनपदों में पैंतालीस वर्ष से अधिक आय् के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है अधिक संक्रमण वाले अट्ठारह जनपदों में अट्ठारह वर्ष से चौवालीस वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग एक करोड़ इकतालीस लाख लोगों को टीका लगाया गया है उन्होंने बताया कि एक करोड़ ग्यारह लाख तिरसठ हजार नौ सौ अट्ठासी लोगों को पहला टीका और उन्तीस लाख पैंतीस हजार छः सौ सात लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है उन्होंने बताया कि प्रदेश में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष के आयु वर्ष के दो लाख सोलह हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है इनमें से उन्चास हजार सात सौ चौवालीस लोगों को पिछले चौबीस घंटों में टीका लगाया गया श्री प्रसाद ने कहा कि पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड का पहला टीका लगवाने के लिये ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है जबकि दूसरा टीका लगवाने के लिये प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी है उन्होंने कहा कि को वैक्सीन लगवाने वाले लोग वैक्सीन की दूसरी डोज पहला टीका लगवाने के चार से छः हफ्ते बाद और कोविशील्ड लगवाने वाले लोग वैक्सीन की दूसरी डोज छ से आठ हफ्ते के बीच लगवायें प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि कोविड संक्रमण को रोकने के लिये राज्य सरकार हर स्तर पर हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सरकार के कार्यो में सिर्फ कमी ढूंढने का काम करते हैं और समाज में माहौल खराब करते हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों और प्रभावशाली प्रबंधन में राज्य में कोविड के मामलों में कमी आई है उन्होंने कहा कि गांवों में निगरानी समितियों के माध्यम से लोगों को महामारी से बचाव और इसे रोकने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक प्रतिशत है जबकि संक्रमण दर कम होकर तीन दशमलव छः प्रतिशत रह गई है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कल मेरठ में जन प्रतिनिधियों से कोविड नाइन्टीन संक्रमण के संबंध में वार्ता की और कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया बाद में पत्रकारों से बात करते हए उन्होने बताया कि जिले के मेरठ मेडिकल कॉलेज समेत समस्त कोविड अस्पतालों का ऑडिट कराया जाएगा ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा उन्होंने मेरठ के जिलाधिकारी को तहसील स्तर पर ऑक्सीजन बैंक बनाने के निर्देश दिये जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड मरीजों के इलाज में आसानी हो वहीं मथुरा पहुंचने पर ऊर्जा मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण और कोविड नमूनों की जांच की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिये कोरोना से संक्रमित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबियत में थोड़ा सुधार हुआ है अस्पताल की ओर से कल जारी बयान में कहा गया कि श्री आजम खान की ऑक्सीजन की मांग में कमी आयी है और वे भोजन कर रहे हैं हालांकि अगले बहत्तर घंटे उनके स्वास्थ्य के लिये महत्वपूर्ण होंगे सपा नेता और उनके बेटे को नौ मई को सीतापुर जेल से लखनऊ के निजी अस्पताल में उपचार के लिये भर्ती कराया गया था केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड सीबीडीटी ने इस वर्ष पहली अप्रैल से दस मई के बीच तेरह लाख से अधिक कर दाताओंको सत्रह हजार इकसठ करोड़ रुपए से अधिक का रिफंडजारी किया है आयकर रिफंड के बारह लाख इकहत्तर हजार से अधिक मामलों में कर दाताओं को पांच हजार पांच सौ पचहत्तर करोड रुपए की राश िभी जारी की गई इसके अलावा कम्पनी कर रिफंड से संबंधित उन्तीस हजार पांच सौ बानबे मामलों में ग्यारह हजार चार सौ छियासी करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई कल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया नर्सों के सम्मान के लिए प्रत्येक वर्ष बारह मई को नर्स दिवस मनाया जाता है यह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अन्तर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सभी नसों को शुभकामनाए दीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान है